जनऔषधी दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनऔषधी योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि जनऔषधी योजना से लोगों को न सिर्फ ईलाज कराने में मदद मिली है बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं उन्होंने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जनऔषधी केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनऔषधी योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की

ठोडो मैदान में एक समारोह में उन्होंने कहा कि शहरों के योजनाबद्व विकास के लिए ही हाल ही में सोलन पालमपुर और मंडी को नगर निगम में स्तरोन्नत किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से इन तीनों शहरों के लोगों की लम्बे समय से चल रही मांग भी पूरी हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा अन्राग ठाक्र केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर नल योजना से देश के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है जिसके तहत प्रदेश में भी अच्छा कार्य हो रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने सहित व्यापारियों के लिए राहत देने के संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे

इस राशि से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्य करवा सकेंगे

इस परियोजना से पहाड़ी गाय के संवर्द्वन नस्ल और दूध वृद्धि में भी सहयोग मिलेगा इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने सुन्नी में करीब अढ़ाई करोड़ रुपये से बनने वाले गौसदन का भी शिलान्यास किया इलेक्ट्रिक वैन परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज पालमपुर से इलेक्ट्रिक वैन को हरी झंडी दिखाई ये इलेक्ट्रिक वैन पालमपुर नेहरू चौक से बंदला पंचायत घर के रूट पर चलेगी उन्होंने बताया कि ये पहल प्रदूषण रहित पर्यावरण मित्र और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है पठानिया वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है सोलन ज़िले के काहला में स्थानीय युवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने का आग्रह किया पठानिया ने प्रतियागिता की विजेता व उपविजेता टीमों को भी पुरस्कृत किया

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंदों के सहयोग की भावना से कार्य करने का आहवान किया है कांगड़ा ज़िले में सुलह क्षेत्र के नोरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायते ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार भी पंचायतों के विकास में भरपूर सहयोग दे रही है कांग्रेस कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार को हर मोर्च पर विफल करार दिया है मंडी जिले के बल्ह में आज पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों व युवा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का भी आग्रह किया